चौथा भारत अतंराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज से राजधानी लखनऊ में हो रहा है शुरू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अपनी क्षमता और प्रतिभा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लिए करने का किया आइवान

केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर ढाई रुपये की कटौती करने की घोषणा की है इसमें से प्रति लीटर एक रुपये का भार तेल कंपनियां वहन करेंगी जबकि डेढ़ रुपये की कटौती पेट्रोल और डीजल के उत्पाद कर में की जाएगी

केन्द्रीय क्तिमंत्री अरुण जेटली ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातवीत में कहा कि सरकार सभी राज्यों को लिखकर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उनके हिस्से के करों में कटौती करने को कहेगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य भी केंद्र की तरह ईंघन पर अपने करों में कटौती करेंगे मै सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लिख रहा हूं अभी कि जैसे ढाई रुपए का कटौती सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जार्व कर रही है थ्रू दी रेवेन्यू एम् क्र दी ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज तो इक्वलेट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट भी अब्जॉर्व करें और मैं उम्मीद करता हूं कि कई राज्य सरकारों समी को करना चाहिए हम लोग उनसे बात भी करेंगे मुख्यमंत्रियों से की तुरन्त वो भी अपने निर्णय अनाउंस करे

क्तिमंत्री ने कहा कि सरकार ने तेल कंपनियों को बॉन्ड जारी कर दस अरब डॉलर की पूंजी जुटाने की अनुमति दे दी है श्री जेटली ने कहा कि देश में मुद्रास्फीति की दर अब भी चार प्रतिशत से नीचे है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र सरकार के द्वारा डीजल तथा पेट्रोल के दामों में कटौती की सराहना करते हुए कहा कि यह जनहित में लिया गया फैसला है तथा इससे उपमोक्ताओं को लाम मिलेगा कल लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से डीजल तथा पेट्रोल के दामों में ढाई रूपये प्रति लीटर की दर से कमी करने की घोषणा करती है जिससे पेट्रोल तथा डीजल के बढ़े हुए मूल्य से जनता को राहत मिल सके श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से सरकार के राजस्व में प्रति वर्ष चार हजार करोड़ रूपये की कमी आयेगी लेकिन प्रदेश सरकार जनहित को देखते हुए इसकी भरपाई अन्य साधनों से करेगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभित शाह ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रति लीटर ढाई रुपए की कटौती करने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा मैं भारतीय जनता पार्टी की और से इस फैसले का स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी को देश की जनता और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये फैंसला लेकर संवेदनशीलता का परिचय दिया चौथा भारत अतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लखनऊ में आज से शुरू हो रहा है चार दिक्सीय इस विज्ञान मेले में दो हजार से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों के साथ देश और विदेश के जाने माने र्वज्ञानिक शामिल हॉगे विज्ञान मेले के दूसरे दिन कल यानी छह अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे अतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले का मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा इसके अलावा राष्ट्रीय बोटैनिकल अनुसंघान संस्थान किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेई साइटिफिक कन्वेंशन सेन्टर और रेलवे ग्राउंड में विज्ञान महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

इसमें लगभग एक हजार से अधिक वैज्ञानिक संगठन भाग लेंगे प्रदर्शनी में ख्वा अनुसंघान एवं विकास संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंघान संगठन इसरो बायो टेक्नोलॉजी आय्ष मंत्रालय स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन सहित वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों में बढ़ती अराजकता पर चिंता जाहिर की है उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों के जिम्मेदार युवा अपनी संस्कृति परम्परा और गौरवमय इतिहास से अपरिवित है और दिग्भ्रमित हो चुके हैं श्री योगी कल गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरख प्रान्त द्वारा आयोजित प्रतिमा सम्मान समारोह में मेघावियों को सम्मानित करने के बाद युवाओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने यूवाओं से अपनी क्षमता और प्रतिमा का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में करने की अपील की उन्होंने पिछले सत्तर वर्षो से अपने रचनालक प्रयासों से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने और छात्रों को सामाजिक समरसता की सीख देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रशंसा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन दो हजार उन्नीस को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठित होकर केन्द्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार करने का आहवान किया साथ ही भाजपा के अपना बूथ सबसे मजबूत फार्मले को सार्थक बनाने की भी कार्यकर्ताओं से अपील की मुख्यमंत्री गोरखपुर क्लब में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर मंडल की पांच लोकसभा सीटों की भाजपा संचालन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे मतदाता पुनरीक्षण अभियान को गंभीरता से लेने की नसीहत देते हुए श्री योगी ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रदेश के बावन लाख ऐसे लोगों को विन्हित किया है जो मतदाता होने की योग्यता तो रखते हैं लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है ऐसे में इन लोगों को चिन्हित कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करना प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की भी सलाह दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अविवक्ताओं से अपील की है कि वह लोगों को सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध करायें साथ ही सरकार की लोक कत्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचने के लिये आगे आयें मुख्यमंत्री कल गोखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के परिवय समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आजादी के पहले अधिवक्ताओं ने समाज को नई दिशा देने का कार्य किया था और आज भी वह अपनी भूमिका को बख्बी निभा रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यो के बल पर तिहत्तर से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगी श्री मौर्य ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर भी सफल नहीं हो पायेगा कानपर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातवीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी मी दल से गठबंधन की जरूरत नहीं है श्री मौर्य ने दावा किया कि प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दो हजार चौदह से बड़ी जीत दो हजार उन्नीस में होगी राम मंदिर मुद्दे पर श्री मौर्य ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मामला माननीय सर्वेच्च न्यायालय के समक्ष है और उन्तीस अक्टूबर से इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई शुरू होने जा रही है मंदिर निर्माण कोर्ट के फैसले पर निर्मर करेगा केन्द्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस्ती जिले के लिए रिंग रोड की स्वीकृति प्रदान कर दी है श्री गडकरी नौ अक्टूबर को जिले के किसान महाविद्यालय में ढ़ाई सौ करोड़ रूपये से बनने वाले इस रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे वहां के सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि रिंग रोड का शिलान्यास करने के बाद श्री गडकरी अयोध्या से सीतामढ़ी जाने वाले रामजानकी मार्ग का शिलान्यास भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में आज से तीन दिवसीय सदस्यता अभियान शुरू करेगी

उन्होंने कहा कि इस सदस्यता अभियान के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण वृथ समिति के गठन का कार्य भी जोर शोर से चलाया जायेगा